श्री मोदी आज जोधपुर के दशहरा मैदान में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को सम्बोधित करेंगे भाजपा के स्टॉर प्रचारकों में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गृहमंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रमुख है कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारकों में प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला सांसद ज्योतिरादित्य हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा प्रमुख है इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल अलवर जिले के मालाखेड़ा झुन्झुनू जिले के सूरजगढ़ और उदयपुर जिले के सलूम्बर में जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सीकर के खण्डेला में जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पिछले पांच सालों में विकास के काम किए है और विकास के मुद्दे को लेकर ही चुनाव लड रही है

मतदान के दिन से पांच दिन पहले कल राजधानी जयपुर में भी चुनावी प्रचार चरम पर रहा पार्टी प्रत्याशियों ने सुबह से रात तक प्रचार में ताकत झोंक दी

राजनैतिक दलों की प्रेस वार्ता का दौर भी चलता रहा कांग्रेस नेताओं ने नोटबंदी महंगाई रफाल बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को फिर गर्माया वहीं भाजपा नेताओं ने आतंकवाद भ्रष्टाचार और स्थानीय मुद्दों को छेड़ा

राजधानी जयपुर में पिछले तीन विधानसभा चुनाव से भाजपा के कब्जे वाले सांगानेर में इस बार भाजपा छोड़कर नई पार्टी भारत वाहिनी पार्टी बनाने वाले घनश्याम तिवाड़ी के इस बार नये दल की ओर से चुनाव लड़ने के कारण मुकाबला रोचक और त्रिकोणात्मक नजर आ रहा हैं सांगानेर में मुख्य मुकाबला श्री तिवाड़ी और भाजपा के प्रत्याशी अशोक लाहौटी और कांग्रेस उम्मीदवार पुष्पेन्द्र भारद्वाज के बीच माना जा रहा हैं

इसी तरह शहर की विद्याधर नगर सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी के रुप में दो बार हार का सामना करने वाले विक्रम सिंह शेखावत के टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में कृद जाने से त्रिकोणात्मक चुनावी मुकाबले की स्थिति बनती जा रही हैं

इसके तहत लाइव पेंटिंग प्रतियोगिता म्हारो संतरगी लोकतंत्र आयोजित की गई

ये तभी संभव है जब रेलवे की सभी प्रणालियां दुरूस्त हो और सिग्नल अनुमति दे रहा हो देश में निर्मित इस ट्रेन का संचालन शुरू होने से यह देश की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन होगी

बेल्जियम के एलेक्जेंडर हैंड्रिक्स ने आठवे मिनट में गोल कर बढ़त दिलाई पहले हाफ तक उसकी बढ़त बरकरार रही